देश में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस साल विभिन्न मीडिया संस्थानों को पुरूस्कृत किया जाएगा

इस बारे में कल सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है अब इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल सकेगा चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो संशोधित योजना के तहत दो करोड़ से अधिक किसान इसके दायरे में आ जायेगें

भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना मोदी सरकार ही नहीं दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस चूनौती को पूरा करने का काम उन्हें दिया गया है

उन्होंने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के देशभर में कई बड़े उपकम स्थापित हैं जिनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है इनमें एक विभाग सोलर एनर्जी का है उन्होंने कहा कि वह बीकानेर क्षेत्र को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे

श्री चौधरी ने कल बाड़मेर जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को फसल का उचित मुल्य दिलाने के लिए ई मंडी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों की सहुलियत के लिए बीज और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है

हादसे में एक अन्य व्यक्ति धायल हो गया ये लोग यहां झाड़ू सप्लाई करने आ रहे थे और सीमेंट से भरे ट्रक में सवार थे

राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि बोर्ड में सप्ताह में पांच दिन ही कार्य होगा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि अब शनिवार और रविवार को स्थाई रूप से अवकाश रहेगा

गौरतलब है कि बोर्ड कार्मिकों द्वारा लम्बे समय से पांच दिन के सप्ताह की मांग की जा रही थी जिसे शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरा कर दिया है

कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है

सरिस्का प्रशासन बाघ की मौत लू की वजह से होना बता रहा है इस बीच जिला कलेक्टर ने विशेषज्ञों के दल से पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दिए हैं इसके लिए एनटीसीए बरेली बीकानेर और वाइल्ड लाइफ वार्डन सहित पांच सदस्यीय दल को बुलाया है

चंद कदमों की दूरी पर दो भाइयों के मकान भी चपेट में आ गए और घरेलू सामान राख हो गया झोंपड़े के सूखी टहनियों और झाड़ियों से बने होने से चंद ही पलों में आग भीषण हो गई पूरा झोंपड़ा चपेट में आ गया ढाणी के बाहर बंधी चार पांच बकरियां भी चपेट में आ गई और जिंदा जल गईं

अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपर सिविल न्यायालय जयपुर के समक्ष कल पेश किया गया अदालत ने आरोपी को कल तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है

इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है

इस बीच राज्य में कल भी धौलपुर में तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया